देशभर के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित सभी टोल प्लाजा पर आज मध्य रात्रि से फास्टैग अनिवार्य बिना फास्टैग करना पड़ेगा दोगुना भुगतान प्रदेश में आज से लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज राज्य में कल कोरोना संकमण के नए मामलों और स्वस्थ रहने वालों की संख्या रही बराबर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

इसके बाद सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जायेगा सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने इस दौरान कांग्रेस के सभी सदस्यों को विधानसभा में उपस्थित रहने के लिए व्हीप जारी किया है गौरतलब है कि बजट सत्र दस फरवरी से शुरू हुआ था और इसके बाद अभिभाषण पर बहस चल रही है

कल जयपुर के धानक्या में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित आत्मनिर्भर भारत सक्षम भारत व्याख्यान को संबोधित करते हुए श्री बिड़ला ने कहा कि हम अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखें और स्वाभिमान के साथ स्वावलंबी बनने के मार्ग पर आगे बढ़ें उन्होंने कहा कि उपाध्याय जी ने सेवा और राष्ट्र को वैभवशाली बनाने का जो रोड मैप तैयार किया उस पर देश तेजी से अग्रसर है कार्यक्रम की अध्यक्षता जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने की इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया भी मौजूद रहे

नकद भूगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि यह व्यवस्था टोल प्लाजा पर शुल्क भूगतान की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने प्रतीक्षा समय को घटाने ईंधन की बचत करने और यात्रियों को टोल प्लाजा से आसानी से निकलने की सुविधा के लिए की गई है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

चयनित संदेशों को आगामी ब्रलेटिनों में शामिल किया जाएगा

इसके अलावा सामाजिक न्याय और आधिकारिता तथा कृषि विभाग के लाभार्थियों को भी कोरोना की पहली डोज लगायी जाएगी चिकित्सा मंत्री ने बताया कि इस सप्ताह उन सभी हैत्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर का भी टीकाकरण किया जाएगा जिन्हें अब तक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं दी गई है

अर्धसैनिक बलों के सबंध में उन्होंने कहा उनके लिए आने वाले दिनों में अधिक सत्र साइट बनाकर टीकाकरण किया जाएगा

इसमें स्कूली शिक्षकों को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा

सवाई माधोपुर और हनुमानगढ़ जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि वहां भी आज से दूसरी डोज लगने का कार्यक्रम है

राज्य में कल इस बीमारी से किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं हुई

डॉ कल्ला ने कल जयपुर में राजस्थान वाटर सप्लाई और सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड की नीति निर्धारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभागीय अधिकारियों से सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को कहा यह बैठक करीब तीन साल के अंतराल के बाद आयोजित हुई जलदाय मंत्री ने अधिकारियों को आगे से यह बैठक हर तीन माह में आयोजित करने और विभाग के तहत क्लोरिनेशन की सुस्पष्ट नीति बनाने के भी निर्देश दिए बैठक में कृछ पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी भी दी गई

मैराथन को कला और संस्कृति मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने रवाना किया हजारों धावकों ने शहर के अलग अलग हिस्सों में दौड़ लगाई

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी हवा का दबाव समाप्त होने के बाद पश्चिमी हवा चलने से आगामी दिनों में सर्दी का असर धीरे धीरे कम होगा पिछले कई दिनों से दिन और रात का तापमान बढ़ रहा है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अब आगे तापमान में ज्यादा गिरावट की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है